इस कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज मंडी लोकसभा क्षेत्र के निरमंड आनी छतरी और सिराज क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे इसी तरह हमीरपुर से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर का हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र जबकि मंडी से उम्मीदवार रामस्वरूप शर्मा का द्रंग विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं करने का कार्यक्रम है वहीं दूसरी और मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार आश्रय शर्मा बंजार विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार पर रहेंगे उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे हमीरपुर से पार्टी उम्मीदवार रामलाल ठाकुर कुटलैहड़ निर्वाचन क्षेत्र में जनसमर्थन मागेंगे

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से मुख्यमंत्री घबरा गए है और चुनाव प्रचार में सांसदों की बजाए प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रहे है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि भाजपा सांसद अपने कार्यकाल में केंद्र से कुछ नहीं ला पाए और अपनी सांसद निधि तक भी पूरी खर्च नहीं कर पाएं उन्होंने भाजपा पर सेना के पराक्रम का लाभ लेने का आरोप भी लगाया सिरमौर जिले में दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के दिन मतदान केंद्र तक परिवहन सुविधा व अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है

लाहौल स्पिति जिला और चंबा जिला के दुर्गम क्षेत्र पांगी घाटी में आज पल्स पोलियो अभियान के तहत पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों को पल्स पोलियों की खुराक पिलाई जाएगी

भारतीय पत्रकार कल्याण मंच द्वारा कल शिमला में लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया वरिष्ठ भाजपा नेता व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हए उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सोशल मीडिया का बोलवाला है लेकिन मुख्य धारा की मीडिया की विश्वसनीयता आज भी बरकरार है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि मीडिया न केवल सूचनाएं देने का माध्यम है बल्कि समाज व राष्ट्र का निर्माता भी है

कुल्लू के उपायुक्त यूनुस ने बताया कि कुल्लू जिले में पर्यटन सीज़न शुरू हो चुका है और आज से सैलानियों को पर्यटन स्थल मढ़ी तक जाने की अनुमति दी जाएगी आज से रोहतांग परमीट की साईट खुल जाएगी और पर्यटक इस ओर जाने के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल को नोटिस दिए जाने की ख़बर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित की है दैनिक भास्कर की सुर्खी है सोलन नगर परिषद में भर्ती मामले में डाक्टर बिंदल को हाईकोर्ट का नोटिस फर्जी दस्तावेजों पर अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी देने का है आरोप अमर उजाला और पंजाब केसरी के लगभग एक जैसे शब्द हैं भ्रष्टाचार का केस वापिस लेने के मामले में विधानसभा अध्यक्ष बिंदल को नोटिस

हिमाचल दस्तक और दैनिक सेवरा टाइम्स के लगभग एक से शब्द हैं पांच जिलों में रैलियां करेंगे मोदी शाह दिव्य हिमाचल वीरभद्र सिंह के हवाले से लिखता है जयराम को पहाड़ी मासूम समझता था लेकिन शातिर निकले आपका फैसला के शब्द हैं जोगिन्द्रनगर में वीरभद्र सिंह का दावा आश्रय शर्मा में सियासत के सभी गुण आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है मंत्री और विधायकों को दिलानी होगी लीड विधानसभा चुनाव में हारे हुए नेताओं को बढ़त दिलाने पर मिलेगा बड़ा सम्मान दिव्य हिमाचल की एक ख़बर है डीसी आफिस में खातिरदारी पर जांच चुनाव आयोग ने मंडलायुक्त विकास लाबरू को सौंपा जिम्मा दो दिन के भीतर मांगी रिपोर्ट दैनिक जागरण रक्षामंत्री निर्मला सीता रमण के हवाले से लिखता है हिमाचल से लेह रेलवे लाईन प्राजेक्ट तैयार

कांगड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल से जुड़ी खबर पर हिमाचल दस्तक लिखता है कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल पर एफआईआर लिगल ऑपिनियन के बाद अब डीसी कांगड़ा को जाएगा केस दैनिक भास्कर के शब्द हैं कांग्रेस उम्मीदवार काजल पर एफआईआर पर मांगी कानूनी सलाह अमर उजाला के अनुसार कलेन्डर पंफलेट बांटने के मामले में काजल पर एफआईआर की तैयारी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

नमस्कार